केंद्र सरकार ने प्रदेश में पिरूल को मनरेगा से जोड़ने की सैद्धांतिक सहमति दीमुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया संबंधित योजनाओं को सहकारिता से जोड़ा जाएगा खेल मंत्री अरविंद पांडेय ने खेल एवं युवा कल्याण विभाग के एकीकरण को लेकर कैबिनेट के फैसले पर काम करने के निर्देश दिये देहरादून पुलिस मुख्यालय में एचआरएम एस एप्लिकेशन का शुभारंभ किया गया

आज नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में इस संबंध में प्रदेश सरकार और विश्व बैंक के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए

ये सभी काम अगले तीन वर्ष की अवधि में कराए जाने प्रस्तावित हैं मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के निर्देश पर इस परियोजना की तैयारी एक साल पहले शुरू कर दी गई थी परियोजना की मॉनिटरिंग मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा की जाएगी परियोजना के लिए शुरूआती मानव संसाधन और क्षेत्रीय पीआईयू की स्थापना की जा चुकी है

स्लग मनरेगा में पिरूल मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि राज्य में अब पिरूल बेरोजगारी दूर करने और आय के संसाधनों में वृद्धि करने में भी मददगार साबित होगा उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार ने पिरूल को मनरेगा से जोड़ने की सैद्वान्तिक सहमति दे दी है

मुख्यमंत्री ने बताया कि इससे संबंधित योजनाओं को सहकारिता से भी जोड़ा जायेगा सोमवार को र्दहरादून में मुख्यमंत्री ने कहा कि पिरूल हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत करने का प्रमुख आधार बन सकता है इस सम्बन्ध में उन्होंने कुछ दिन पूर्व केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री से पिरूल एकत्रीकरण कार्य को मनरेगा से जोड़ने का अनुरोध किया था अब केन्द्र सरकार द्वारा इसकी सैद्वान्तिक सहमति प्रदान कर दी गई है श्री रावत ने कहा कि ग्रामीण जनजीवन में बदलाव लाने के साथ ही ग्रामीण आर्थिकी की मजबूती के लिए सहकारिता एक बड़ा माध्यम है उन्होंने कहा कि सहकारिता से जुड़े लोगों को आम आदमी के पास जाना होगा और उन्हें अपने साथ जोड़ना होगा साथ ही योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचानी होगी उन्होंने बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता ऋण योजना के तहत अब तक तीन लाख लोगों को ऋण दिया जा चुका है इस अवसर पर सहकारिता राज्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा कि सहकारिता को जनता से र्जोड़ने के लिए निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं स्लग निशल्क यात्रा उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद ने प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को सौगात दी है पंडित दीनदयाल मात्र पितृ तीर्थाटन योजना में वरिष्ठ नागरिकों को अब पूर्व में निर्घारित धामों के अलावा कलियर शरीफ ताड़केश्वर कालीमठ जागेश्वर गैराड़ गोलू देवता गंगोलीहाट महासू देवता हनोल कालिंका देवी ज्वाल्पा देवी आदि धार्मिक स्थलों की निरूशल्क यात्रा करने का अवसर मिलेगा योजना के अन्तर्गत प्रदेश के वरिष्ठ नागरिक जिला पर्यटन विकास कार्यालयों में अपना पंजीकरण करवाकर इस योजना का लाभ उठा सकेंगे पंजीकरण पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किये जायेंगे उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद के बोर्ड अध्यक्ष और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि प्रदेश के वरिष्ठ नागरिक जो स्वास्थ्य और मौसम सम्बन्धी कारणों के चलते अत्यधिक ऊंचे स्थानों की यात्रा नहीं कर पाते हैं वो भी अब इस योजना का लाभ उठा सकेंगे उन्होंने कहा कि योजना में सभी धर्मों के पवित्र स्थलों को सम्मिलित किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा वरिष्ठ नागरिक बगैर किसी का सहारा लिये तीर्थयात्रा पर जा सकें पर्यटन मंत्री ने कहा कि नये स्थानों को योजना में शामिल करने से उन्हें पर्यटक मानचित्र में स्थान मिलेगा साथ ही स्थानीय व्यवसायियों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकेंगे उन्होंने बताया कि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी जिलाधिकारियों और जिला पर्यटन विकास अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किये जा रहे हैं गौरतलब है कि मेरे ब्जूर्ग मेरे तीर्थ नाम से संचालित की जा रही इस योजना का नाम वर्तमान में पंडित दीनदयाल मात्र पित तीर्थाटन योजना है जिसके अन्तर्गत अब तक श्री बद्रीनाथ धाम गंगोत्री धाम नानकमत्ता साहिब और रीठा मीठा साहिब आदि स्थानों की निश्ल्क यात्रा करायी जा रही थी स्लग खेल विभाग बैठक खेल मंत्री अरविंद पांडेय ने खेल एवं युवा कल्याण विभाग के एकीकरण के संबंध में लिये गये कैबिनेट निर्णय का शीघ्र क्रियान्वयन करने के निर्देश दिये हैं देहराद्न में सोमवार को हई खेल विभाग की समीक्षा बैठक में खेल मंत्री ने खेल महाकम्भ में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के निर्देश दिये और युवा खिलाड़ियों को ्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने के लिए फुटबॉल और एथेलेटिक्स एकेडमी बनाने पर भी विचार विमर्श किया

इस दौरान खेल निदेशक प्रताप शाह ने बताया कि खेल विभाग के पास ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार में पर्याप्त भूमि उपलब्ध है उन्होंने जानकारी दी कि राज्य स्तरीय खेल महाकृंभ प्रतियोगिता का उदघाटन अगले साल आठ जनवरी को होगा बैठक में खेल महाकुंभ के आयोजन पर चर्चा हुई जिसके वृहद प्रचार प्रसार को लेकर खेल मंत्री ने निर्देश दिये

पुलिस विभाग में अधिकारियों कर्मचारियों से सम्बन्धित समस्त अभिलेखों को कम्प्यूटराईज्ड किये जाने के लिए मुख्यालय स्तर पर एचआरएमएस एप्लिकेशन तैयार की गई है इसमें सभी अधिकारियों कर्मचारियों के सेवा अभिलेखों का अंकन किया जा रहा है इस प्रक्रिया से विभिन्न स्तरों पर पुलिस विभाग में कागजी कार्रवाई के उपयोग को कम किया जा सकेगा जिससे सरकारी व्यवस्था में सुधार करते हये किसी भी प्रकार की सेवा सम्बन्धित अभिलेखों रिपोर्ट आदि को जल्द प्राप्त किया जा सकेगा एचआरएमएस एप्लिकेशन से कर्मचारी की व्यक्तिगत जानकारी नियुक्ति विवरण नॉमिनी का विवरण स्थानांतरण सम्बद्धता पदोन्नति पोस्टिंग प्रतिनियुक्ति रिवार्ड प्रशिक्षण कोर्स दण्ड पदक निलंबन सेवानिवृत्ति से सम्बन्धित समस्त जानकारी के साथ ही कर्मचारी की पूर्ण सेवा का डेटा एकत्रित किया जा सकता है विभागीय कर्मचारी को अब अपना सेवाभिलेख देखने के लिए किसी शाखा और इकाई में जाने की आवश्कयता नहीं पड़ेगी

प्रत्येक टीम सम्बन्धित क्षेत्रों में घर घर जाकर टीबी के लक्षणों की जानकारी देगी और संभावित लक्षणों वाले व्यक्ति के बलगम के सैंपल को निरूशुल्क जांच के लिए माईक्रोस्कोपी केन्द्रों में भेजा जाएगा उन्होंने बताया कि रोग की पुष्टि होने पर मरीज का इलाज डॉट्स पद्धति से निरूशुल्क किया जाएगा साथ ही प्रत्येक टीबी मरीज को इलाज पूरा होने तक पोषण भत्ते के रूप में पांच सौ रुपये हर महीने दिये जाएंगे संक्षिप्त खबरें आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के लाभार्थियों की सूची में विस्तार को मंजूरी दे दी है पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने बताया कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने सभी गरीब परिवारों को निशल्क एल पी जी कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए उज्जवला योजना में विस्तार को मंजूरी दे दी है विद्युतीकरण से छूटे हुए परिवारों को बिजली कनेक्शन लेने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से आज नई टिहरी से सौभाग्य रथ को रवाना किया गया विधायक धन सिंह नेगी और जिलाधिकारी सोनिका ने रथ को हरी झंडी दिखाई